इसके साथ ही एक दिन पूरानी चौहान सरकार ने सदन में बहमत साबित कर दिया श्री चौहान ने विशेष सत्र के पहले दिन सदन की कॉर्यवाही प्रारम्भ होने के बाद विश्वास मत पेश किया जिसे आसंदी पर आसीन सभापति जगदीश देवड़ा ने पारित कराने के लिए मतदान की औपचारिकता करायी सदन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था इस दौरान हुए मतदान में विश्वास मत को ध्वनिमत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया इसके पहले श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यपाल ने सरकार को पंद्रह दिनों के अंदर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था इसलिए वे विश्वास मत पेश कर रहे हैं साथ ही श्री चौहान ने कहा कि उनकी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता मौजूदा हालातों में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकना है इस दिशा में कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही आवश्यक कदम उठाना प्रारंभ कर दिए हैं

राष्ट्र करोना कोरोना वायरस के संकमण के बीच कल से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इसे कम प्रमुखता देने के साथ ही राज्य सरकारों को विशॅष एहतियात बरतने के निर्देश दिये हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसोलेशन के उल्लंघन को लेकर राज्य सरकारों को कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये हैं उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोनोवायरस से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है

प्रदेश लॉकडाउन प्रदेश में कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए आज से भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है

जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल एक और संकभित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहें और प्रशासन द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का पालन करें

भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे मस्जिदों में नमाज पढने की बजाय घर पर ही इबादत करें पन्ना विधायक बुजेन्द्र प्रताप सिंह ने आपदा राहत कोष में एक माह का वेतन देने की घोषणा की है उन्होंने आज इस राशि का चेक भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिया है अशोकनगर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को आठ बजे से दोपहर बजे तक आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए छूट दी गई थी वहीं सतना में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया अनूपपुर में दवाई की दुकानों तथा अन्य अनिवार्य सेवाओं वाले स्थानों पर ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी बनाये रखने के लिए मॉर्किंग की जा रही है गुना में कलेक्टर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है ताकि संकमण को रोका जा सके